बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच कर रही सीबीआई ब्रजेश ठाकुर के साथ बातचीत के ब्यौरे और उसके मुजफ्फरपुर स्थित होटल तथा अखबार के दफ्तर में आने जाने वाले लोगों की जानकारी के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के मंत्री समाज कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री कई विधायक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ करेगी राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण जैसा घृणित कांड नहीं हो सकता है पूर्व मंत्री ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि अधिकारियों की वजह से ही विभाग में गड़बड़ी होती है उन्होंने कहा कि विभाग में हो रही हर गड़बड़ी की जानकारी अधिकारियों को होती है मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता श्रीमती अमानुल्लाह ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भी बालिका गृहों में नियमों का पालन नहीं किया जाता था उन्होंने कहा कि कई आश्रय गृहों में बच्चों को समय से खाना भी नहीं दिया जाता था परवीन अमानूल्लाह ने कहा कि जिस वक्त वह समाज कल्याण मंत्री थीं उस समय कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी थी राष्ट्रीय जनता दल ने बालिका गृह यौन शोषण कांड में राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पर शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है श्री शर्मा ने विपक्षी पार्टी के इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राजद के आरोप बेब्रनियाद हैं वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सुरेश शर्मा के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है जमुई से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सीबीआई ने इस मामले में राज्य के पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर रावत से कई घंटे पूछताछ की केन्द्रीय जांच एजेंसी ने दामोदर रावत के मंत्री रहते ब्रजेश ठाकुर की संस्था को दी गयी वित्तीय सहायता के संबंध में प्रछताछ की और दस्तावेज भी मांगे सीबीआई को ब्रजेश ठाकुर और पूर्व मंत्री के पुत्र राजीव रावत के बीच संबंध होने के बारे में कई दस्तावेज हाथ लगे हैं इसके आधार पर जांच एजेंसी कई अधिकारियों ब्रजेश के संबंधियों और नेताओं से प्रछताछ की तैयारी कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बालिका गृह यौन शोषण कांड में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी श्री कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि टीआईएसएस ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रय गृह में गड़बड़ी के लिये जिस अधिकारी की भी जिम्मेवारी तय की है उसे छोड़ा नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि अधिकारियों की इतने बड़े पैमाने पर संलिप्तता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देश के लोगों को समर्पित था आज नई दिल्ली में आयोजित सर्व धर्म श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि युवा अवस्था में ही अटल जी ने देशवासियों की सेवा का संकल्प ले लिया था उन्होंने कहा कि अटल जी ने वैसे समय में राजनीति में प्रवेश किया जब देश में राजनीति के क्षेत्र में एक पार्टी का बोलबाला था श्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी कई वर्षों तक विपक्ष में ही रहें लेकिन उन्होंने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय जीवन में अटल जी ने एक विशेष पहचान बनायी थी और उन्हें संसदीय परंपराओं पर गर्व था श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के प्रयासों से ही वर्ष उन्नीस सौ अंठानवे में भारत एक परमाणु सम्पन्न शक्ति राष्ट्र बना जिसका श्रेय उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को दिया सर्व धर्म सभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कांग्रेस नेता ग्रलाम नबी आजाद सहित कई केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और धर्मग्रू उपस्थित थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये कल पटना में सर्व धर्म सभा का आयोजन किया जायेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की अध्यक्षता में श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मंदिरों और शिवालयों में शिवभक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर पूर्वी चंपारण के अरेराज शिव मंदिर रोहतास के गूप्ता धाम खूसरूपुर के बैकटप्र शिव मंदिर और मधेप्रा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है इधर बक्सर जिले में गंगा नदी के रामरेखा घाट पर भी कांवरियों की भारी भीड़ देखी जा रही है भागलपूर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से लाभ लेकर यूवाओं के कौशल और हनर में निखार आ रहा है कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण लेकर युवक और युवतियां अपने भविष्य को संवार रहे हैं

कंप्यूटर और हार्डवेयर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रजनी क्मारी ने बताया कि वह कंप्यूटर केे क्षेत्र में रोजगार प्रदाता बनना चाहती हैं

मैं नियोक्ता बनना चाहती हूं वहीं एक अन्य प्रशिक् ने बताया कि तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ उसका संवाद कौशल बढिया हुआ है और एक पेशेवर के जैसे तौर तरीके भी ँ सीखने को मिले हैं

परियोजना के रोजगार प्रबंधक चंदन कुमार सुमन ने बताया कि प्रशिक्षुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है

मविष्य में सरकार की भी योजना है कि इस योजना को और विस्तार करके ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी युवक युवतिया हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराये जाये ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास की इस योजना वैसे दूर दराज के इलाकों के युवाओं को लाम मिल रहा है जहां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव हैं आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी गंडक ब्रूढ़ी गंडक घाघरा और बागमती नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है कोसी नदी का जलस्तर सुपौल जिले के बसुआ में और खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है इससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं कटिहार जिले के कुर्सेला में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों स्थानों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान जलस्तर में कमी आने की संभावना है कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर में खतरे के निशान के आसपास पहुंचने के बाद घटने लगा है वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और दरभंगा के हायाघाट में लाल निशान को छू रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर दो सेंटीमीटर से लेकर छह सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है सबसे अधिक छह सेंटीमीटर बारिश भागलपुर के कहलगांव तथा सुपौल जिले के बीरपुर और बक्सर में दर्ज की गयी इधर शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत अंबारी गांव में वजपात से एक किसान की मौत हो गयी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी चौहत्तरवीं जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा स्मन अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में देश के प्रति उनके प्रयासों को याद किया नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इधर पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी पूर्व मध्य रेलवे के नरकटियागंज रेलखंड पर नन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आज से पच्चीस अगस्त तक चौदह सवारी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान नरकटियागंज से रक्सौल के बीच नवनिर्मित रेल लाईन को बड़ी लाईन से जोड़ा जायेगा इसके चलते नरकटियागंज स्टेशन से गुजरने वाली अप और डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस जननायक एक्सप्रेस और अवध एक्सप्रेस को हाजीपुर छपरा रेलखंड के रास्ते परिचालित किया जायेगा भोजपुर जिले के बिहिया थाना अंतर्गत स्टेशन रोड इलाके में एक युवक की हत्या से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हंगामा किया उग्र लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया पटना जिले में रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाईकिल चोर गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है पकड़े गये अपराधी गुजरात और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं पटना के बोरिंग रोड भट्टाचार्य रोड समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही इधर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाने की सरकार की मुहिम में जो भी अड़ंगा डालेगा वह सीधा हाईकोर्ट की अवमानना का जिम्मेदार होगा सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा प्रखंड प्रमुख पद पर सम्पन्न चुनाव में रानी देवी निर्विरोध चुनी गयी हैं और अब अंत में मुख्य समाचार सीबीआई ने मूजफ्फरपूर बालिका यौन शोषण कांड की जांच तेज की